चुनाव तैयारियों की करेगी समीक्षा

दलों के बीच बातचीत का दौर जारी

संक्रमितों में सत्तर प्रतिशत पुरूष और तीस प्रतिशत महिलाएं

बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज पटना पहुंच रही है टीम में आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन चंद्र भूषण कुमार आशीष कुंद्रा पीआईबी की अपर महानिदेशक शेफाली बी शरण स्वीप के निदेशक शरद चंद्र और निदेशक व्यय पंकज श्रीवास्तव शामिल होंगे सात सदस्यों वाली यह टीम तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी पटना पहुंचने के बाद टीम आज शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है इसके बाद इंफोर्समेंट एजेंसी और छब्बीस जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी गुरूवार को यह दल गया के दौरे पर जायेगा जहां बारह जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी विधानसभा चुनाव में कोविड उन्नीस के मरीजों को मत पत्र के जरिये मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर आवेदन करना होगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें कोरोना संक्रमित होने की बात स्पष्ट हो महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद खुल कर सामने आ गया है कांग्रेस की ओर से सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर प्रत्याशी देने के बयान के बाद राजद ने कड़ा रूख दिखाया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि कांग्रेस को विधानसभा की अंठावन और वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से अधिक सीट नहीं दी जायेगी इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि दोनों दलों के केन्द्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है उन्होंने कहा कि पार्टी पैंसठ से सत्तर सीटों पर चूनाव लड़ेगी वहीं दूसरी तरफ वाम दलों से भी सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है इस दौरान सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका लोजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी को विधानसभा की सत्ताईस सीटों और विधान परिषद की दो सीटों का प्रस्ताव दिया गया है आज भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने की सम्भावना है जनता दल यूनाईटेड ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सूचना और जनसम्पर्क मंत्री नीरज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया हैं वहीं दिलीप कुमार चौधरी को दरभंगा स्नातक क्षेत्र और देवेशचंद ठाकुर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है बिहार भाजपा के चूनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चूनाव के दौरान सोशल मीडिया का अधिक से अधिक सकारात्मक उपयोग करने की अपील की है पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस माध्यम का उपयोग सरकार के कामों को आम लोगों तक पहुंचाने में किया जाना चाहिए कार्यशाला को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी संबोधित किया प्रदेश में अब तक कोविड उन्नीस से एक लाख छियासठ हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चूके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनूसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर बानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गयी है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक आठ सौ बानवे लोगों की मौत हुई है बिहार में उनहत्तर लाख नब्बे हजार दो सौ बत्तीस कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है इधर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों में सत्तर प्रतिशत पुरूष हैं जबकि मात्र तीस फीसदी महिलाएं संक्रमित हुई हैं संक्रमित हुये पुरूषों की संख्या एक लाख अठारह हजार तीन सौ सड़सठ है वहीं अब तक इकसठ हजार चार सौ पैंसठ महिलाएं कोरोना संक्रमित हुई है राज्य में इक्कीस से तीस वर्ष की उम्र सीमा वाले युवा सबसे अधिक संक्रमित हुये हैं इनका आंकड़ा पच्चीस प्रतिशत है वहीं इकतीस से चालीस वर्ष की उम्र सीमा वाले बाईस प्रतिशत इकतालीस से पचास साल आयु वर्ग के सोलह प्रतिशत लोग संक्रमित पाये गये हैं इसी तरह ग्यारह से बीस वर्ष आयु वर्ग के तेरह प्रतिशत जबकि इक्यावन से साठ वर्ष आयु वर्ग के बारह प्रतिशत लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है संक्रमितों में एक से दस आयु वर्ग के पांच प्रतिशत बच्चे हैं वहीं साठ से अधिक आयु वर्ग के सात प्रतिशत लोग संक्रमित पाये गये हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व पर बल दिया है बाइट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे सीरो सर्वेक्षण से संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से आशय है कि पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरक्षित हो जायें ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके स्वास्थ्य मंत्री सन्डे संवाद के माध्यम से सोशल मीडिया पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड उन्नीस से मरने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दो लाख रूपये बीमा का लाभ मिल रहा है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कोविड उन्नीस से हुई मृत्यु को कवर नहीं करता है जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कुछ परिस्थितियों में कोविड उन्नीस से हुई मृत्यु में बीमा का लाभ प्रदान करता है प्रदेश की प्रमुख नदियों में उफान के कारण कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ की रिथिति गम्भीर बनी हुई है जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी गंडक ब्रूढ़ी गंडक बागमती कमला महानंदा प्रनपुन और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर चली गयी है कोसी और गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज कम होने के बावजूद जस्तर में गिरावट नहीं आई है पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक दियारा के इलाके में कटाव तेज हो गया है वहीं जिले में विभिन्न सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है पूर्वी चम्पारण जिले में सिकरहना नदी उफान पर है सुगौली प्रखंड के आमिरखान टोले में नदी पर बना रिंग बांध ट्रटने से कई नये इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है द्रसरी तरफ सारण जिले के तरैया में एक बार फिर बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है अररिया जिले में नूना और बकरा नदी के उफान से कई गांव प्रभावित हुये हैं फारबिसगंज कुर्साकांटा मार्ग और जोकीहाट में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है पूर्णियां के बायसी प्रखंड के सत्रह पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है महानंदा नदी में उफान से कटिहार जिले के बारसोई कदवां डंडखोरा प्राणपूर और अमदाबाद प्रखंड की पांच दर्जन पंचायतों की लगभग साढ़े पांच लाख की आबादी प्रभावित हुई है कोसी क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति गम्भीर है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ड्रबने की घटना में तेरह लोगों की मौत हो गयी नवादा जिले के कादिरगंज हिसुआ वारिसलीगंज नारदीगंज अकबरपुर और मेसकोर में एक एक लोगों की डूबने से मौत हुई है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ड्रबने की घटना में पांच और सुपौल में तीन लोगों की मौत की खबर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड इफको ने स्पष्ट किया कि डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की कोई योजना नहीं है इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद उर्वरकों की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नौवीं और ग्यारहवीं की कक्षा में पंजीकरण की तिथि पन्द्रह अक्टूबर तक बढ़ा दी है पहले यह तारीख अट्ठाईस सितम्बर तक निर्धारित थी बिहार लोक सेवा आयोग ने चौदह अक्टूबर से बीस अक्टूबर के बीच होने वाली पैंसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा और सात अक्टूबर को होने वाली इकतीसवीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी है आयोग ने पैंसठवीं मुख्य परीक्षा के लिए पच्चीस छब्बीस और अट्ठाईस नवम्बर की संभावित तिथि जारी की है जबकि इकतीसवीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की सम्भावित तिथि छह दिसम्बर है वहीं आयोग की छियासठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है अभ्यर्थी बीस अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं पूर्णियां के के हाट थाना क्षेत्र से पूलिस ने कुख्यात मयंक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को एक एके सैंतालीस राईफल और कारबाईन के साथ गिरफ्तार किया है उसके पास से इंसास राईफल के दो मैगजीन भी बरामद हुये हैं गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी मुंगेर जिले के धरहरा के पहाड़ी से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली पर जमुई मुंगेर और लखीसराय जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र अन्तर्गत ब्रहम्पूर गांव के कदम चौक स्थित एक एटीएम में कैश डालने आये निजी कम्पनी के कर्मियों से अपराधियों ने हथियार के बल पर बारह लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली अपराधियों ने इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है सीबीआई ने कहा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर पहलू की हो रही है जांच दैनिक जागरण लिखता है सात घंटे चली जदयू के बैठक में सीटों को लेकर नीतीश ने प्राथमिकता तय की दैनिक भास्कर की सुर्खी है राजद ज्वाईन करते ही भूदेव चौधरी को पार्टी उपाध्यक्ष का पद प्रभात खबर ने लिखा है यात्रियों से यूजर चार्ज लेने की तैयारी में रेलवे दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने चुनाव संबंधी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

चुनाव तैयारियों की करेगी समीक्षा

दलों के बीच बातचीत का दौर जारी

संक्रमितों में सत्तर प्रतिशत पुरूष और तीस प्रतिशत महिलाएं